औद्योगिक उत्पादन और निर्धारित निवेश में बढ़ोत्तरी से इसका पता चलता है उन्होंने कहा कि बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं बैंकों ने ऋण लेने वाले लोगों के लिए ब्याज दर में कटौती भी शुरू कर दी है वित्तमंत्री ने निर्यात और रियल एस्टेट क्षेत्रों के लिए कल नई दिल्ली में सत्तर हजार करोड़ रुपये से अधिक के पैकेज की घोषणा की उन्होंने कहा कि ये उपाय निर्णायक और व्यापक हैं तथा इनसे निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा उन्होंने ये घोषणा भी की कि आवासीय वित्त कंपनियों को नियमों में ढील देकर विदेश से धन जुटाने की अनुमति दी गयी है भवन निर्माण ऋण पर ब्याज दर को कम किया गया है जिससे सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा वित्तमंत्री ने बताया कि अध्री आवासीय परियोजनाओं के लिए बनाए गए कोष से घर खरीदने वाले लगभग साढ़े तीन लाख लोगों को फायदा होगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले एक सौ दिन में कई सुधार किए हैं केन्द्र ने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ रेलवे पर भी ध्यान केन्द्रित किया है हमारे संवाददाता ने देशभर में रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी

इस साल के अप्रैल से अगस्त महीने के बीच रेलवे में एक भी यात्री को जान का खतरा नहीं हुआ जिससे रेलवे ने यात्री सुरक्षा के क्षेत्र में रिकॉर्ड कायम किया है

इलाहाबाद और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच तीसरी लाइन को मंजूरी देने के अलावा उत्तर प्रदेश के सहजनवा और दोहरीघाट और महाराष्ट्र में वैमववाडी और कोल्हापुर के बीच नई लाइनों को स्वीकृति दी गई है

एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे एक दूरदृष्टा सिविल अभियंता थे जिन्होंने बांधों के माध्यम से भारत के जल स्प्रोतों का इस्तेमाल किया श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्र उनके महान योगदान को हमेशा याद रखेगा अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अभियंता लगन और दृढ़ निश्चय के पर्याय हैं मानवीय प्रगति उनके उत्साहपूर्ण नवाचार के बिना असूरी है प्रधानमंत्री मोदी ने एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि भी अर्पित की

दोनो ही नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गयी हैं केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार वाराणसी में गंगा तीन सेंटीमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बढ़ रही है हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि गंगा नदी का जलस्तर इस समय खतरे के निशान से केवल अस्सी सेंटीमीटर नीचे है प्रयागराज के फाफामऊ और छतनाग में गंगा नदी तथा नैनी में यमुना नदी के जलस्तर के तेजी से बढ़ने की सूचना है शामली जिले के कैराना क्षेत्र में आज सुबह यमुना नदी में डूब जाने से छः लोगों की मृत्यु हो गयी पुलिस सूत्रों के हवाले से मलकपुर गांव के कुछ युवक और किशोर यमुना के कैराना घाट पर हवन सामग्री आदि विसर्जित करने गये थे इसी दौरान एक दूसरे को बचाने के प्रयास में चार किशोर और दो युवक यमुना में डूब गये गोताखोरों की सहायता से तीन शव बरामद कर लिये गये हैं और अन्य की तलाश जारी है उधर एक समाचार एजेंसी के अनुसार प्रदेश में हुयी दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में चार लोगों की मृत्यु हो गयी तथा तीन दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये बाराबंकी जिले के रामसनेही घाट इलाके में हाइवे पर बिहार से दिल्ली जा रही एक तेज रफ्तार बस के पलट जाने से दो लोगों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी जबकि बीस से अधिक लोग घायल हो गये घायलों को वहो के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है गम्मीर रूप से घायल कुछ लोगों को लखनऊ के ट्रामा सेंटर भेजा गया है मथुरा जिले के नौहझील क्षेत्र में आज भोर में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बस के डम्फर से टकरा जाने के कारण दो लोगों की मृत्यु हो गयी तथा एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गये घायलों को वहां के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है